इस घोषणा पत्र को पार्टी ने जन आवाज का नाम दिया है और इसके मुख्यपृष्ठ लिखा है हम निभाएंगे

घोषणापत्र जारी होने के दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कई खतरनाक वादे किये हैं जो भारत को विभाजित करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हये वरिष्ठ भाजपा नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राजद्रोह कानून को समाप्त करने के कांग्रेस के बादे की आलोचना की है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिये राष्ट्रवाद विरोध अपराध नहीं है श्री जेटली ने कहा कि राजद्रोह कानून समाप्त करने का मतलब अलगाव वादियों का बचाव करना है उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों को बचाना चाहती है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को भारत के समग्र विकास का ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है उन्होंने कहा है कि गरीब किसान और नौजवानों के लिये यह घोषणा पत्र संजीवनी साबित होगी दिग्विजय नोटिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को सीहोर जिला प्रशासन ने आचार संहिता उल्लघंन के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

इसका वीडियो वायरल हुआ था इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की गई थी इसी शिकायत के आधार पर श्री सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था

बसपा ने मुरैना गुना सतना रीवा सीधी छिंदवाड़ा बालाघाट जबलपुर और खंडवा सीटों के लिये उम्मीदवार घोषित किये है इनमें सबसे उल्लेखनीय नाम डॉ रामलखन सिंह कुशवाह का है पार्टी ने उन्हें मुरैना से टिकट दिया है नकदी बरामद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से राज्य में अवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस आबकारी आयकर और अन्य एजेंसियों द्वारा विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है

यह मार्गदर्शिका राज्य के लगभग सवा करोड़ परिवारों को घर घर जाकर वितरित की जायेगी यह मार्गदर्शिका राज्य में होने वाले चार चरणों के चुनाव को ध्यान में रखकर चार अलग अलग रंग में प्रकाशित की गई है

प्रदेश के पहले और देश के चौथे चरण में होने वाले चुनाव में राज्य की छह लोकसभा सीटों सीधी शहडोल जबलपुर बालाघाट मंडला छिन्दवाड़ा और छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो गया हालाकिं दोनो ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने इनमें से अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किये हैं हमारे सीधी संवाददाता के अनुसार आज सीधी में एक भी नामांकन पत्र जमा नहीं हुआ

उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रों में तैयारियां पूरी हो गई हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किये गये हैं देश में सात और राज्य में कुल चार चरणों में चुनाव होना सीधी प्रोफाइल पैकेज मध्यप्रदेश में पहले चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है उनमें सीधी भी शामिल है जहां आज अधि सूचना जारी हो गई है

सिंगरौली जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र सीधी लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं हालांकि यहां बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है पेशे से किसान महेश सिंह समाजसेवी प्रदीप पटेल नौकरीपेशा रामप्रताप सिंह और युवा पुष्पराज दुबे ने क्षेत्र के मुद्दे और समस्याओं पर बात की

सीधी के जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार निर्वाचन को पहले प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले एक सहायक शिक्षक और चार सहायक आध्यपको को अपने कर्त्वय के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है